रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल रेलवे और रेलवे के सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की

सभी यात्रियों को सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है

आत्मनिर्मर दमोह में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज से तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है इसका शुभारंभ केन्द्रीय राज्य मंत्री और दमोह के सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने किया

अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वे किया जायेगा

इसके लिए दल गठित किये जा रहे हैं इसमें कोविड मित्र भी बनाये जायेंगे जो स्वैच्छिक रूप से इस अभियान के लिए काम करेंगे

प्रदेश में होने वाले इस विस्तृत सर्वे से संदिग्ध रोगियों की शीघ्र पहचान और उपचार अधिक आसान हो जायेगा कोरोना कंटेनमेंट प्रदेश में कंटेनमेंट जोन अब सिर्फ कोरोना संक्रमित का घर और उसके दोनों ओर के दो घरों को मिलाकर सीमित कर दिया गया है

पांच दिन में नया मामला सामने नहीं आने पर कंटनमेंट हटा लिया जायेगा यह जानकारी गृहमंत्री एवं स्वास्थ मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कल दी नेशनल हाइवे मुरैना जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर राजस्थान से लगने वाली सीमा को बंदकरने का निर्णय लिया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बिजली विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति में कमी नहीं आनी चाहिए उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों से सिस्टम ठीक करने और व्यवस्थाएं सुधारने को कहा उन्होंने बताया कि कृषि पंपों के लिए दी जाने बिजली संबंधी सहायता राशि सीधे किसानों के खाते में डाली जमा की जायेगी

तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि सात जून से ईधन की दरें लागत के अनुरूप है